वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि स्वदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस नई पर्यटन नीति का मुख्य उददेश्य पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाकर इस क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित बनाना है उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग के लिए मानव संसाधन श्रम शक्ति विकसित करना व सभी वर्ग के पर्यटकों को सुरक्षित व बेहतर सुविधाएं प्रदान करना इस नई पर्यटन नीति का उददेश्य है पशु फीड प्रदेश सरकार जल्द ही पशु फीड में मिलावट करने को दंडनीय अपराध बनाएगी ये बात कल पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले के चराड़ा में आयोजित डेयरी उद्यमिता विकास पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान कही

स्वच्छता अभियान विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण रिकांगपिओ में अक्तूबर माह से स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर्मचारी घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करेंगे किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि घरों से इकट्ठे किए गए कूड़े को पवारी में स्थापित ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट में पहुंचाया जाएगा उन्होंने कहा कि अगर ये मुहिम सफल रही तो जिले की अन्य पंचायतों में भी ऐसा अभियान शुरू किया जाएगा

महिला व बाल विकास विभाग द्वारा कल हमीरपुर में आयोजित जागरूकता कार्यशाला में उन्होंने यह बात कही डेजी ठाकुर ने कहा कि जागरूकता शिविरों का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की जानकारी देकर सक्षम बनाना है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने चंडीगढ़ में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मामलों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बीबीएमबी में हिमाचल होगा स्थायी सदस्य शाह ने मानी बात दिव्य हिमाचल का शीर्षक है बीबीएमबी परियोजना में हिमाचल को बनाया जाए पूर्णकालिक सदस्य दैनिक जागरण के शब्द हैं बीबीएमबी में मिले पूर्ण सदस्यता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया मामला पंजाब केसरी लिखता है लाहौल स्पीति में लद्दाख का अनाधिकृत कब्जा

जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है चल अचल संपत्तियों और बैंक खातों के डिटेल की हासिल की जानकारी आपका फैसला ने पशुपालन मंत्री विरेंद्र कंवर के बयान को सुर्खी दी है बकरी के दूध व पनीर को ब्रांड बनाकर बेचेगी सरकार

भाजपा के लिए उलझन बने उपचुनाव शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है धर्मशाला पच्छाद में टिकट के दावेदारों की फौज ने संकट में डाले सरकार और पार्टी